इसके लिए आज पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां कल ही रवाना हो गई थीं

अल्मोड़ा जिले के चार विकासखण्डों में होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया

गैरसैंण ब्लाक से उप जिला निर्वाचन अधिकारी हंसादत्त पांडे और पोखरी से अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया रुद्रप्रयाग के जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने जखोली ब्लॉक मुख्यालय में सामग्री वितरण और मतदान टीमों की रवानगी की समीक्षा की टिहरी के जिला निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणामों को इन्टरनेट पर प्रदर्शित करने के लिए जनपद स्तर सहित विकासखण्ड स्तर पर पंचायत इलैक्शन रिजल्ट ट्रांसमिशन दल का गठन किया है मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से सम्बन्धित भूमि मकान क्षतिपूर्ति और अन्य मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिये हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पौड़ी चमोली टिहरी और रूद्रप्रयाग के जिलाधिकारियों को रेलवे के साथ समन्वय बनाकर हर प्रकार की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा है इसके अलावा उन्होंने परियोजना से सम्बन्धित प्रत्येक जिले में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित करने और ब्यासी नरकोटा रोड पुल निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए रेलवे को इस रेल मार्ग के सभी स्टेशनों की भव्यता का ध्यान रखने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के निर्माण में पर्वतीय शैली की स्थापत्यकला का प्रयोग किया जाए बैठक में रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि फाईइनल लोकेशन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भी किया जा चुका है साथ ही आवश्यक फोरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त की जा चुकी हैं भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का वितरण कार्य जारी है आईआईटी रूड़की आईआईटी रुड़की में अंतरिक्ष अभियान में योगदान को लेकर एक सेमिनार आयोजित किया गया इस सेमिनार में सीबीपीओ इसरो मुख्यालय के निदेशक पीवी वेकेंटकृष्णन ने भी शिकरत की सेमिनार का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष मिशनों में वर्तमान में हो रही गतिविधियों पर छात्रों को जागरूक करना और आईआईटी रुड़की के साथ भविष्य की योजनाओं में छात्रों का सहयोग लेना था आईआईटी रूड़की और इसरो के बीच एक कोलैबोरेशनन हुआ था जिसको लेकर आज छात्रों और वैज्ञानिकों ने चर्चा की

यह प्रतिबंध दो अगस्त से लगाया गया था यह कदम इस सप्ताह के शुरू में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निर्णय के बाद उठाया गया है प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी घूमने जाते हैं कार्यशाला ऋषिकेश ऋषिकेश में हिमालयी राज्यों में सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आज शुरू हुई कार्यशाला के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इससे जन प्रतिनिधियों में जानकारी का आदान प्रदान होने के साथ ही ग्रामीण विकास के नये आयाम भी मिलेंगे उन्होंने कहा कि सबकी योजना सबका विकास के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है हिमालयी राज्यों के समूह पंचायतों के विकास के लिए जब चिन्तन करेंगे तो भविष्य में इसके सकारात्मक परिणाम होंगे उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि कार्यशाला के माध्यम से अपने गांवों में एक नया संदेश लेकर जायेंगे

इसे एक अभियान के रूप में लिया गया है

राफ्टिंग अभियान केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि गंगा की निर्मलता के लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा में पड़ने वाले सिवरेज के पानी के खिलाफ एक जंग की तरह कार्य करना है यह कार्य आम जनता की भागीदारी से ही सम्भव है

आज देवप्रयाग से गंगा से गंगा सागर तक राफ्टिंग अभियान के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने यह बात कही

इस अवसर पर गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए बड़े जन आन्दोलन की जरूरत है कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने नमामि गंगे अभियान से जुड़े स्कूली बच्चों शिक्षकों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया ध्रुव योजना केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बंगलुरू में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय में ध्रुव योजना का शुभारंभ किया इस अनूठे कार्यक्रम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान की जाएगी

मानव संसाधन विकास मंत्री का कहना है कि इस कार्यक्रम से प्रतिभाशाली विद्यार्थी देश की समस्याओं पर विचार कर पाएंगे और नीति बनाने पर काम करेंगे उनका कहना था कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने में इस कार्यक्रम का योगदान प्रमुख रहेगा इस अवसर पर इसरो अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा और सचिव रीना रॉय भी मौजूद थीं

इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सभी को सार्थक प्रयास करने होंगे